लोकसभा च्नाव के तीसरे चरण के लिए प्रचार अभियान में आई तेजी तेईस अप्रैल को डाले जायेंगे वोट पांचवे चरण के लिये नामांकन दाखिल करने की समय सीमा कल शाम समाप्त कई प्रमुख उम्मीदवारों ने कराया अपना नामांकन लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच कल शांतिपूर्वक ढंग से सम्पन्न हो गया राज्य निर्वाचन कार्यालय के अनुसार शाम छः बजे तक इन समी सीटों पर बासठ दशमलव तीन शून्य प्रतिशत मतदान हुआ प्रदेश की जिन आठ संसदीय सीटों के लिये मतदान हुआ उनमें अलीगढ़ मथुरा अमरोहा और फतेहपुर सीकरी के साथ ही चार सुरक्षित सीटें नगीना बुलन्दशहर हाथरस और आगरा शामिल हैं

पिछले लोकसभा चुनाव में इन सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विजयी रहे थे पहले और दूसरे चरण के सोलह निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान पूरा हो चुका है शेष बचे पांच चरणों में अब चौसठ सीटों पर मतदान कराया जायेगा के लिये के लि राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी एल वेंकटेश्वर लू ने कहा है कि अगर किसी व्यक्ति का मतदाता सूची में नाम दर्ज नहीं हैं तो वह किसी भी दशा में बोट नहीं कर सकता श्री लू ने सोशल मीडिया में चल रहे इस प्रचार का पूरी तरह खंडन किया है कि जिन लोगों का नाम वोटर लिस्ट में नहीं है वह मतदेय स्थल पर जाकर फार्म सात भरकर पहचान पत्र के साथ वोट डाल सकते हैं लखनऊ में जारी एक विज्ञप्ति में श्री लू ने इस बारे में साफ किया है कि यह समाचार पूरी तरह से मतदाताओं को भ्रमित करने का प्रयास है उन्होंने मतदाताओं से अपील की है कि वह इस तरह की अफ़वाह पर ध्यान न दें और योटर लिस्ट में नाम होने पर ही मतदान के लिये जायें

प्रदेश के सभी मतदाताओं से चुनाव आयोग के प्रतिनिधि के रूप में मैं उनसे विनम्न निवेदन करता हूँ कि आप अपने मताधिकार का अवश्य प्रयोग करें यह सनिश्चित करें कि आप अपने मताविकार को प्रयोग करके साथ ही आपके परिवार का आपके परिचय आपके अगल बगल कोई छूटने न पाये उनको भी प्रेरित करें जागरूक बनकर और संकल्प ले हम बढ़चढ़कर इस लोकतंत्र के महापर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करके लोगों से कराने के लिए प्रेरित करेंगे और पहले से ज्यादा भारी संख्या में बढ़ चढ़कर मतदान करेंगे मतदान प्रतिशत को बढ़ायेगे और अपनी इस राष्ट्रीय जिम्मेदारी को निभायेंगे उधर मिर्जापुर जनपद का वोट प्रतिशत बढ़ाये जाने के लिये मतदाताओं को बढ़ चढ़ कर मतदान में प्रतिभाग करते हये अधिक संख्या में वोट करने के उद्देश्य से कल जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिलाधिकारी मिर्जापुर की अध्यक्षता में बोट फार वोट रैली का आयोजन किया गया मतदाताओं को जागरूक करने के लिए दो सौ से अधिक नावों पर सवार होकर मतदान से सम्बंधित अधिकारी एवं कर्मचारियों ने विन्ध्याचल से नारघाट तक गंगा नदी में रैली निकाली सजी धजी नावों में रंग बिरंगे कपड़ो में लोगों को देखने के लिये काफी संख्या में लोग नदी किनारे बोट फार वोट रैली का स्वागत व उत्साहवर्धन करते हये दिखायी दिये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में एक राष्ट्रीय व्यापारी सम्मेलन में देश भर से आए व्यापारियों को सम्बोधित करेंगे कॉन्फेडरेशन ऑफ आल इंडिया ट्रेडर्स कैट के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीन खंडेलवाल ने यह जानकारी दी इस सम्मेलन में देश भर के हजारों व्यापारी शामिल होंगे

तीन अप्रैल को रामपुर में एक जनसभा के दौरान श्री नकवी की एक टिप्पणी को देखते हुए यह चेतावनी दी गई है लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण का प्रचार अभियान जोर पकड़ने लगा है इस चरण में तेरह राज्यों और दो केंद्र शासित प्रदेशों में एक सौ सोलह लोकसभा सीटों के लिए तेईस अप्रैल को वोट डाले जाएंगे भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि एनडीएसरकार ने पिछले पांच वर्षो में किसानों के कल्याण के लिए काम किया है और अगर सरकार सत्ता में दोबारा आती है तो यह कार्य आगे भी जारी रहेगा कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कल ही बदायूं ज़िले के म्याऊं इलाके में आवला लोकसभा सीट के लिये पार्टी प्रत्याशी कुंवर सर्वराज सिंह के समर्थन में एक जनसभा को संबोधित किया श्री गांधी ने कहा कि केन्द्र में सत्तासीन भाजपा सरकार की ग़लत नीतियों से न सिर्फ देश की आर्थिक स्थिति प्रभावित हुई है बल्कि व्यापक स्तर पर बेरोज़गारी बढ़ी है उन्होंने कहा कि केन्द्र की मोदी और राज्य की योगी सरकार ने जनता से जो वादे किये थे उन्हें निमाने में वह पूरी तरह विफल साबित हुई है

केन्द्र और प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी और विकास योजनाओं का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि नैमिषारण्य में सरकार सौ करोड़ रूपये की लागत से विश्वविद्यालय स्थापित कर रही है उधर डुमरियागंज संसदीय क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी जगदभिका पाल ने रोड शो किया तथा पिछले पांच सालों में उनकी सरकार के द्वारा किये गये विकास कार्यो को बताते हुए जनता से उनके पक्ष में वोट देने की अपील की

पांचवे चरण के लिये नामांकन दाखिल करने के आखिरी दिन कल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आजमगढ़ सीट से अपना पर्चा भरा जबकि सुल्तानपुर से भाजपा नेता और केन्द्रीय मंत्री मेनका गांधी तथा लखनऊ संसदीय क्षेत्र से सपा बसपा गठबंधन उम्मीदवार प्रनम सिन्हा और कांग्रेस के प्रत्याशी के तौर पर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने नामांकन भरा वहीं बाराबंकी सुरक्षित सीट से भाजपा उम्मीदवार और मौजूदा विधायक उपेन्द्र रावत और सीतापुर में भाजपा प्रत्याशी राजेश वर्मा ने नामांकन दाखिल किया समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने नामांकन दाखिल करने के बाद आजमगढ़ के बैठौली में आयोजित एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि सपा बसपा का गठबंधन महापरिवर्तन का गठबंधन है भारतीय जनता पार्टी पर निशाना सावते हुए श्री यादव ने कहा कि देश तभी बदलेगा जब देश का प्रधानमंत्री बदलेगा श्रीमती मेनका गांधी ने अपने नामांकन के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि वह सुल्तानपुर सीट से जीत के प्रति पूरी तरह आश्वस्त है उन्होंने कहा कि यह उनके पति की कर्मभूमि रही है और उन्हें यहां की जनता का स्नेह मिल रहा है प्रदेश भर में आज हनुमान जयंती ध्रमधाम से मनायी जा रही है विभिन्न स्थानों पर स्थित हनुमान मंदिरों में दर्शन पूजन के लिये श्रद्वालुओं का तांता लगा है कई स्थानों पर सुबह से ही हनुमान ध्वजा यात्रायें निकाली जा रही हैं जिनमें भारी संख्या में श्रद्वालु शामिल हो रहे हैं हनुमान मंदिरों पर विविध धार्मिक अनुष्ठान आयोजित किये गये हैं वाराणसी में सुबह से ही हनुमान मंदिरों में दर्शन पूजन के लिये श्रद्वालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी है वहां के प्रसिद्व संकट मोचन मंदिर में भारी संख्या में श्रद्वालुओं ने आरती में हिस्सा लिया अयोध्या में दक्षिण परम्परा पर आधारित काले राम मंदिर में हनुमान जी की जयंती ध्रमधाम से मनायी जा रही है जानकी महल ट्रस्ट सहित अन्य स्थानों पर भी हनुमान जयंती पर विविध धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किये गये हैं लखनऊ में प्रसिद्ध हनुमान सेतु मंदिर में श्रद्वालुओं की भारी भीड़ जुटी है प्रदेश में अन्य स्थानों पर भी लोगों द्वारा श्री राम भक्त हनुमान की पूजा अर्चना की जा रही है प्रदेश भर में आज गुड फाईडे मनाया जा रहा है इस मौके पर गिरिजाघरो में विशेष प्रार्थना सभाओं के आयोजन किए जा रहे हैं इसी दिन प्रमु ईसा मसीह को सलीब पर लटका दिया गया था इस बीच विभिन्न गिरिजाघरो में कल गुड थ्रसडे पर विशेष प्रार्थना सभाओं के आयोजन किए गये पुरोहितो धर्माचार्यो और ईसाई धर्मावलिम्बयों ने एक दूसरे के पैर धोकर प्रभु ईसा मसीह के प्रति अपनी आस्था प्रकट की प्रदेश के विभिन्न इलाकों में अगले दो तीन दिनों तक आंधी तेज़ हवाएं चलने और गरज चमक के साथ ही बारिश और ओलावृष्टि की आशंका है मौसम विभाग की सूचना के आधार पर प्रदेश के कृषि विभाग ने किसानों को परामर्श जारी कर के कहा है कि रबी की फसल पक चुकी है और उसकी कटाई प्रगति पर है लिहाजा किसान मौसम की खराबी की आशंका के चलते फसलों के भंडारण और बचाव के लिये जरूरी व्यवस्था करें विभाग ने कहा है कि संमावित बारिश और तेज हवाओं से फसलों को नुकसान हो सकता है इसके लिये केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत फसल की कटाई के बाद खेत में पड़ी हुई फसल की क्षति की स्थिति में बीमित किसान बीमा कम्पनी के साथ ही जनपद के कृषि निदेशक और जिलाधिकारी को इसकी सूचना बहत्तर घटे के अन्दर जरूर दे दें